न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई

छह जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी सत्र के पहले दिन आज प्रदेश में हुए बहुचर्चित सीडी कांड मामले में जांच के घेरे में आए रिंकू खनूजा की कथित आत्महत्या का मामला गूंजा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने शुन्यकाल में यह मामला उठाते हए खनुजा की मौत को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताया और स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर मामला है और प्रदेश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है

स्थगन खारिज होने से नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया कांग्रेस सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे हंगामे के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी इस दौरान कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते हए सदन के गर्भगृह में पहंच गए गर्भगृह में पहंचे कांग्रेस के पैंतीस सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए हालांकि बाद में अध्यक्ष ने इन सदस्यों का निलंबन समाप्त कर दिया विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को जारी रखा और आज की कार्यसुची में शामिल ध्यानाकर्षण सुचना सहित अन्य शासकीय कार्यों को संपादित किया इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई

आज विधानसभा में विभिन्न विधायकों द्वारा इस योजना के संबंध में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में करीब पचास लाख स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा इस कार्य के लिए खुली और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के जरिए रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड को करीब एक हजार चार सौ करोड़ रूपए की राशि का टेंडर अवार्ड हुआ है मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवार नगरीय निकाय क्षेत्रों के शहरी गरीब परिवार और सभी महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक के नियमित छात्र हितग्राही होंगे उन्होंने कहा कि मोबाइल वितरण के साथ ही छह महीने तक हर महीने सौ मिनट के फ्री कॉल और एक जीबी इंटरनेट डेटा प्रदान किया जाएगा डॉक्टर सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस समय एक करोड़ तिरानवे लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन पंजीबद्ध हैं और प्रदेश में करीब सात हजार नौ सौ मोबाइल टावर हैं

आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि इस दौरान दो सौ इकतीस प्रकरणों में तीन सौ तेरह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई इनमें तीन आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी भी शामिल हैं इस बीच धमतरी में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने एक आबकारी अधिकारी को पच्चीस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है वहीं दंतेवाड़ा में केशापुर ग्राम पंचायत के एक पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है श्रोताओं विधानसभा की आज की कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण आकाशवाणी रायपुर केन्द्र द्वारा आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में अधिसुचना जारी कर दी गई है इसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीबी राधाकृष्णन को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने के संबंध में भी अधिसूचना जारी की गई है गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी पटना उच्च न्यायालय में अक्टूबर दो हजार छह से न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं

इसके पास से हथियार भी मिले हैं बीजापुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआरजी की टीम आज नियमित गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एट्टापाल के जंगलों में मौजूद माओवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग निकले तलाशी के दौरान मौके से एक वर्दीधारी माओवादी का शव मिला

इस बीच बस्तर जिले में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी बस्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि मारा गया ग्रामीण पखनार थाना क्षेत्र में स्थित मुदेनार गांव का रहने वाला था शिक्षाकर्मी संविलियन आदेश राज्य शासन ने आज शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है इसके तहत आठ साल से कम कार्यकाल वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में प्रावधान किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य शासन ने आठ साल का कार्यकाल प्रा कर चुके शिक्षाकर्मियों का एक जुलाई से संविलियन कर दिया है लेकिन इसके बाद की अवधि में जो भी शिक्षांकर्मी आठ साल की सेवा अवधि पूर्री करेंगे उनका क्रमश संविलियन किया जायेगा इसके लिये साल में दो तिथियां तय की गई हैं आगामी संविलियन की तिथि एक जनवरी और फिर इसके बाद एक जुलाई तय की गई है कोटवार प्रदर्शन अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आए कोटवार आज रायपुर के बूढातालाब से विधानसभा घेराव के लिए निकले लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरीकेट्स लगाकर रोक लिया आंदोलनकारी कोटवार प्रमुख रूप से उन्हें चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं कोटवार संघ ने सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ आंदोलन को और तेज करेंगे कोरिया तहसील प्रदेश में अब तहसीलों की संख्या बढ़कर एक सौ पचास हो गई है कल चिरमिरी में आयोजित एक कार्यक्रम में नए तहसील का औपचारिक गठन हुआ स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक जुलाई से चिरमिरी को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों को सूखा राहत और फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि देने की मांग को लेकर दस जुलाई को सभी तहसीलों में प्रदर्शन करेंगे यह निर्णय कल रायपुर में हुई कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जिला शहर नगर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में लिया गया बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित आवेदन ब्लॉक कमेटियों से प्राप्त किए जाएंगे इसके बाद बैठक बुलाकर इन आवेदनों पर विचार किया जाएगा राज्य में जिला स्तर पर दो और ब्लॉक स्तर पर एक सौ नौ कमेटियां और बनाई जाएंगी

समारोह में श्री कश्यप ने खिलाड़ियों की यात्रा भत्ता राशि डेढ़ सौ रूपए से बढ़ाकर एक सौ अस्सी रूपए करने की घोषणा भी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आज रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया वहीं रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने रायपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया